नामांकन प्रक्रिया हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में आज जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए नामांकन हआ नामांकन का आज अंतिम दिन था छठ पूजा का सार्वजनिक अवकाश के बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आज दोपहर तक नामांकन की प्रक्रिया जारी रही प्राप्त जानकारी के अनुसार कई जिलों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के एक एक नामांकन हुए हैं जबकि कुछ जिलों में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला बताया जा रहा है पौड़ी जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष और पन्द्रह ब्लॉक प्रमुख उप प्रमुख के पदों के लिए आज नामांकन भरे गए जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भाजपा की शांति देवी और कांग्रेस के कैलाश ने अपना नामांकन कराया पिथौरागढ़ जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी दीपिका बोरा ने अपना नामांकन कराया इसी के साथ दीपिका का जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चयन होना तय हो गया है उधमसिंह नगर जिले में भी जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भाजपा प्रत्याशी रेनू गंगवार का निर्विरोध निर्वाचित होना तय हो गया है नामांकन चम्पावत जिला पंचायत चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन लगभग तय हो चुका है जिले में जिला पंचायत चुनाव के नामंकन के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों द्वारा ही नामांकन कराया गया जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए ज्योति राय और उपाध्यक्ष पद पर ललित कुंवर ने नामांकन कराया जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय ने बताया कि जिलाध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए एक एक नामांकन होने से इनका निर्विरोध निर्वाचन होना लगभग तय हो गया है उधर अल्मोडा में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए अल्मोड़ा में आज नामांकन पर्चे दाखिल किये गये अध्यक्ष पद के लिए तीन जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए सात प्रत्याशियों ने नामंकन पर्चा भरा भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया

बागेश्वर में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए दो उम्मीदवार बंसती देव फर वंदना ऐठानी द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया उपाध्यक्ष पद के लिए नवीन परिहार और भावना देवी ने नाम दाखिल किया हाईकोर्ट आदेश नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून के जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण निर्धारण करने के मामले में सुनवाई करते सरकार और चुनाव आयोग से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है देहरादून में अध्यक्ष पद पर सामान्य होगा या आरक्षित जनहित याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा मामले के अनुसार देहरादून निवासी एक व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद का गलत तरीके से निर्धारण कर पद आरक्षित कर दी है जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद चुनाव आयोग व राज्य सरकार से चार सप्ताह जवाब पेश करने को कहा है दीक्षांत समारोह राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि ने शिक्षा का उद्देश्य केवल उपाधि प्राप्त करने तक सीमित रहना नहीं है बल्कि व्यक्तित्व चरित्र और राष्ट्र के विकास में भी विद्यार्थियों को अहम भूमिका निभानी होगी गोपेश्वर में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने कहा कि जिन विद्यार्थियों को डिग्री और मेडल मिले हैं उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना चाहिए इस मौके पर युवाओं को पहाड़ और यहां संस्कृतिक के सरंक्षण के लिए प्रेरित भी किया गया दीक्षांत समारोह में पद्मभूषण चंडी प्रसाद भद्द पद्मश्री जागर गायिका बसंती बिष्ट और सीमांत क्षेत्र में क्रषि का आध्निक विकास करने वाले महेंद्र सिंह कुंवर को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से भी अलंकृत किया गया

इससे पहले राज्यपाल ने गोपेश्वर स्थित भगवान गोपीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए राज्य की खुशहाली की कामना भी की ईसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ईसरो के अध्यक्ष के सीवन ने आश्वासन दिया है कि उनका संगठन निकट भविष्य में ही आवश्यक सुधार करके चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग करा लेगा

राज्य के विभिन्न हिस्सों में खासकर मैदानी इलाकों में नदियों और तालाबों के किनारे श्रद्वालुओं की भीड़ है महापर्व के तीसरे दिन आज श्रद्वालुओं ने विभिन्न नदियों तालाबों और पोखरों में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे इसके साथ ही चार दिन का यह पर्व सम्पन्न हो जायेगा राज्यभर में आज छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश रहा देहरादून ऋषिकेश हरिद्वार ऊधमसिंह नगर सहित कई जिलों में नदियों और तालाबों के किनारे आज छठ घाट बनाकर श्रद्वालुओं ने अस्ताचल होते सूर्य को अर्घ्य दिया इस पर्व पर रंग बिरंगी रोशनी से सजे धजे घाट छठ के सौंदर्य की छठा बिखेर रहे हैं प्रशासन की ओर से कई स्थानों पर छठव्रतियों के लिए सुरक्षित और सुगम घाट भी तैयार किए गए हैं महापर्व पर दिनभर बाजार में भी हलचल देखने को मिली लोगों ने छठ में उपयोग होनी वाली सामग्रियों की जमकर खरीददारी की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट के माध्यम से छठ पूजा पर सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी

इस कार्यक्रम में प्रदेश की सरकारी सेवाओं में बड़े पदों पर रहे अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है कार्यक्रम के लिए कोटी कॉलोनी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं टिहरी के प्रभारी मंत्री औरउच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा यह अभिनव प्रयोग किया जा रहा है इसके तहत उत्तराखंड में हो रहे पलायन को रोकने और बाहर गए लोगों को वापस बूलाने की अपील की जाएगी विधानसभा अध्यक्ष देहराद्रन स्थित विधानसभा परिसर में आज प्रशिक्ष्म आईएएस अधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से शिष्टाचार भेंट की

उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को अपनी बेहतर कार्यशैली से समाज में अलग पहचान बनाने की सलाह दी विधानसभा अध्यक्ष ने युवा आईएएस अधिकारियों से कहा कि उन्हें लोगों की समस्याओं के निराकरण के साथ साथ जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने पर भी ध्यान देना होगा राज्यपाल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने देहरादून में आयोजित स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व और विचारों से युवा पीढ़ी को परिचित कराना समय की मांग है विवेकानंद भारत को धर्म दर्शन सन्यास और त्याग की पुण्यभूमि मानते थे राज्यपाल ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में स्वामी विवेकानन्द के कई साधना स्थल रहे हैं यह हमारे लिए गौरव की बात है उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद का विचार था कि शिक्षा विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाती है जिससे उनके चरित्र का निर्माण होता है शिक्षा के साथ साथ उन्होंने स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया था उनका मानना था कि मनृष्य के मन को एकाग्रता ध्यान और नैतिक श्रद्धता के अभ्यास से नियंत्रित किया जाना चाहिये इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन निवेदिता भिड़े पूर्व राज्यसभा सांसद तरूण विजय ने भी अपने विचार रखें

कोतवाली पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया और उन्हें हरसंभव मदद करने का आश्वासन दिया कार्यक्रम में सीनियर सिटीजन की निजी पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को सुना गया गरीब और असहाय बुजुर्गों को जरूरत का सामान भी वितरित किया गया इस दौरान प्रभारी कोतवाली मोहन सिंह पलड़िया ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की सेवा करना सभी का धर्म है अन्य थाना क्षेत्रों में भी सीनियर सिटीजन दिवस आयोजित किया गया और दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं वितरित की गई संक्षिप्त समाचार नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से जिलाधिकारी और मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी को शेल्टर हाउस बनाने के लिए प्रत्यावेदन देने को कहा है बागेश्वर में जिलास्तरीय पुरुष ओपन हैंडबॉल प्रतियोगिता बनलेख की टीम ने जीत ली है विजेता और उपविजेता टीम को प्रस्कृत किया गया फिल्म अभिनेता रजनीकांत को इस महीने गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म समारोह में विशेष आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा